आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने सबके काम करने का तरीका बदल दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले पांच छह सालों में गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है देष में सवा लाख पंचायतें ब्राडबैण्ड से जुड गयी है उन्होंने कहा कि युरिया खाद के कारण कई परेशानियां आ रही है श्री मोदी ने आने वाली पीढी कमजोर न हो इसके लिए यूरिया का कम से कम उपयोग करने को कहा

यह एकीकृत पोर्टल ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक नई पहल है इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास र्योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी प्रधानमंत्री के संवाद की व्यवस्था प्रदेश में भी विभिन्न पंचायतों में की गई थी बूंदी जिले की गोहाटा पंचायत के सरपंच सुनील मीणा ने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कोरोना महामारी से लड़ने में सहयोग का पूरा भरोसा दिलाया

राज्यपाल ने कहा है कि गांव हमारी ताकत हैं और पंचायत के रूप में लोकतंत्र की गहरी जड़े यहीं से मजबूत होती हैं मुख्यमंत्री ने टवीट कर पंचायतीराज के सभी प्रतिनिधियों को संकट के इस समय में सरकार की मदद के लिए धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा कि पंचायतें न केवल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रही है बल्कि लॉकडाउन की पालना कराने के लिए भी लोगों को समझा रही है जयपुर ग्रामीण सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने पंचायती राज दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि कोरोना युद्ध में गांव की सरकार के कार्य सराहनीय है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में संकमण से मृत्यु का औसत प्रतिशत भी कम है

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी और अन्य राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेस में लिए गए निर्णय के तहत ये केन्द्र स्थापित किया गया है ये केन्द्र प्रवासी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लोकसभा और अन्य राज्यों की विधानसभाओं में स्थापित नियंत्रण केन्द्रों से समन्वय स्थापित करेगा

डा पूनियाँ ने कहा की एक सरकारी मीटिंग का हवाला र्दकर डॉ रघ् शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में बयानबाजी की थी लेकिन दो दिन से लगातार स्पष्टीकरण मांगने पर भी मंत्री चुप हैं इधर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना प्रदेश अध्यक्ष डासतीश पूनियाँ एवं अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदो विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कोरोना के हालात और राहत कार्यो की समीक्षा की

इधर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बीकानेर से दो हजार एक सौ साठ मैट्रिक टन दाल केरल में राहत के तौर पर पहुंचाई जाएगी नैफेड द्वारा केरल में इस दाल को वितरित किया जाएगा और कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉक डाउन में लोगों को राहत प्रदान की जाएगी

परंतु उदयपुर में अतिथि देवो भवः की परम्परा से प्रभावित हुए कुछ विदेशी पर्यटक वापिस भेजे जाने के आश्वासन के बावजूद घर जाने को तैयार नहीं है

कोरोना संकमण के चलते विभिन्न जिलों में लोगों की सहायता के लिए प्रशासन के साथ जनता भी लगी हुई है

सवाईमाधोपुर में प्रशासन की ओर से ढाई लाख से ज्यादा भोजन के पैकेट वितरित किए गए हैं झालावाड़ जिले की झालरापाटन नगरपालिका द्वारा सफाईकर्मियों को आयुर्वेदिक काढा वितरित किया गया वहीं नगरपालिका के अधिकारियों ने गोमती सागर तट पर पक्षियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था की चूरू में जिला नोडल अधिकारी ने जिला कलक्ट्रेट के विभिन्न कार्यालयों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा का वितरण किया

सीकर के खंडेला में राशन वितरण में अनियमितता मिलने पर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया